राज्य की नई सरकार ने आज अपना एक माह पूरा किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को पत्र लिखकर कहा सब मिलकर छत्तीसगढ़ को विकास का ऐसा गढ़ बनाएंगे जिसमें सब लोग समुद्द और खुशहाल होंगे संसद का बजट सत्र इकतीस जनवरी से शुरू होकर तेरह फरवरी तक चलेगा एक फरवरी को पेश किया जाएगा अंतरिम बजट प्रदेश में मतदाता जागरूकता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया वोटर अवेयरनेस फोरम इंडियन हार्टिकल्चर कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि खेती किसानी की प्रगति के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाना चाहिए यह बात मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में आयोजित आठवीं इंडियन हार्टिकल्चर कांग्रेस का श्रभारंभ करते हुए कही उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से गौठानों और चारागाहों का विकास किया जाए इससे रोजगार के साथ साथ पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी हो सकेगी श्री बघेल ने कहा कि आगामी छब्बीस जनवरी को ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन कर प्रत्येक गांव में पशुओं के लिए गौठान और चारागाह के लिए स्थान चिन्हित किया जाए इस पांच दिवसीय हार्टिकल्वर कांग्रेस का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और हार्टिकल्वर सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने फ्यूचर ऑफ हार्टिकल्वर सहित कृषि विशेषज्ञों की पुस्तर्को का विमोचन किया उन्होंने इसके अलावा महाविद्यालय परिसर में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण यंत्रों और कृषि तथा उद्यानिकी उत्पादों पर केंद्रित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया राज्य सरकार एक माह राज्य की नई सरकार ने आज अपना एक माह पूरा कर लिया है इस दौरान नई सरकार ने किसानों की कर्जमाफी सहित कई बडे फैसले लिए हैं इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को चिट्ठी लिखी है पत्र में श्री बघेल ने लिखा है कि उनकी सरकार के सामने प्रदेश में लोकतंत्र और व्यवस्था के प्रति विकास की बहाली छत्तीसगढ़ की अस्मिता और संस्कृति की रक्षा जल जंगल जमीन से दरकिनार किए गए असली मालिकों को न्याय दिलाना और जनता के प्रति शासन प्रशासन को संवेदनशील बनाने सहित कई चुनौतियां थीं उन्होंने इस दौरान राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का जिक्र करते हुए लिखा कि मात्र एक माह में लिए गए फैसले सरकार की दिशा बताते हैं उन्होंने आम जनता को विश्वास दिलाया कि उनके हक और हित के लिए ऐसे फैसलों की रफ्तार बनी रहेगी श्री बघेल ने लिखा है कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को विकास का ऐसा गढ़ बनाएंगे जिसमें सब लोग समुद्व और खुशहाल होंगे संसद बजट सत्र संसद का बजट सत्र आगामी इकतीस जनवरी से शुरू होगा जो तेरह फरवरी तक चलेगा आम चुनाव के पहले यह संसद का आखिरी सत्र है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इकतीस जनवरी को सुबह ग्यारह बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त सभा को संबोधित करेंगे वित्त वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा

शिक्षा विभाग की टीम अचानक स्कूलों में पहुंचकर बच्चों के बैग की जांच करेगी किसी भी स्कूल के बच्चों के पास मोबाइल मिलने पर प्रबंधन से जवाब तलब किया जाएगा इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी सरकारी अनुदान प्राप्त और निजी स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी एएन बंजारा ने जारी पत्र में विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और सभी स्कूलों के प्राचार्यो को निर्देशित किया है कि छात्र छात्राओं को मोबाइल नहीं लाने की समझाइश देते हुए कड़ाई से रोक लगाई जाए साथ ही छात्र छात्राओं और पालकों की समय समय पर काउंसिलिंग भी कराई जाए गौरतलब है कि शिक्षा विभाग द्वारा बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए मोबाइल प्रतिबंध है इसके बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई स्कूलों में बच्चे मोबाइल लेकर आ रहे हैं इससे बच्चों के पढ़ाई पर असर पड़ रहा है केंद्र स्कूल पाठयक्रम केंद्र सरकार ने इस वर्ष स्कूलों में पाठ्यक्रम दस से पंद्रह प्रतिशत और अगले वर्ष पंद्रह से बीस प्रतिशत कम करने का फैसला किया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में कहा कि इस फैसले से विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों में शामिल होने और कौशल शिक्षा के लिए समय मिल पाएगा उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा जीवन कौशल शिक्षा और अनुभव आधारित शिक्षा विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है निःशुल्क कोचिंग राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को बैंकिंग रेलवे भर्ती बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग और छत्तीसगढ़ व्यापम के माध्यम से ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी इसके लिए अभ्यर्थियों से आगामी चौबीस जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किया गया है आवेदन पत्र पंडित रविशंकर श्क्ल विश्वविद्यालय स्थित प्रशिक्षण केंद्र में जमा करना होगा आधिकारिक जानकारी के मुताबिक निःशुल्क कोचिंग के प्रशिक्षण के लिए कुल सौ सीट स्वीकृत हैं जिसमें अनुसूचित जाति के लिए तीस अनुसूचित जनजाति के लिए पचास और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए बीस सीटें हैं इसमें वर्गवार तैंतीस प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं अभ्यर्थियों का चयन प्राक्चयन परीक्षा और काउंसिलिंग के आधार पर किया जाएगा

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कार्यक्रम की शुरूआत की इस मौके पर उन्होंने बताया कि सशक्त और प्रभावी चुनावी भागीदारी की संस्कृति विकसित करने के लिए राज्य के सभी शासकीय अर्द्व शासकीय और अशासकीय कार्यालय में वोटर अवेयरनेस फोरम का गठन किया जा रहा है श्री साहू ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य में इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है मतदाताओं को मतदाता साक्षरता का ज्ञान उपलब्ध कराने और उन्हें मतदान प्रक्रिया से जोड़ने के लिए सभी कार्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब स्थापित किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि यह फोरम मतदाता साक्षरता क्लब का हिस्सा है श्री साह ने कहा कि विद्यार्थियों से लेकर अन्य युवाओं को इस फोरम का हिस्सा बनाकर मतदाता जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि फोरम में अलग अलग संस्थानों में गठित होंगे तथा जिला और राज्य स्तर पर अलग फोरम कार्य करेगा इन सभी को समन्वित करने के लिए नोडल अधिकारी भी होंगे समीक्षा बैठक अपर मुख्य सचिव केडीपी राव ने किसानों को प्रमाणित बीज की उपलब्यता पर जोर दिया है उन्होंने अधिकारियों से कहा कि धान दलहन तिलहन के लिए उत्तम किस्म के बीज मांग के अनुरूप उपलब्ध कराया जाए श्री राव ने कल रायपुर में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में कृषि और इससे जुड़े विभागों के कार्यो की समीक्षा की उन्होंने राज्य सरकारी की मंशा के अनुरूप नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी पर आधारित कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए

बेहोश कर्मचारियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां तीन कर्मचारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ और बीएसपी दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कुछ देर बाद गैस रिसाव पर काबू पा लिया गया कलेक्टर उमेश अग्रवाल ने गैस प्रभावितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना उन्होंने कहा कि गैस रिसाव की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने शहर के अन्य फिल्टर प्लांट और गैस वाल्व वाले स्थानों की भी ऐहतियातन जांच के निर्देश दिए हैं दुष्कर्म मामला समिति गठित राजधानी रायपुर स्थित एक समाजसेवी संस्था के आश्रय गृह में रहने वाली एक युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में रायपुर कलेक्टर ने चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है अपर कलेक्टर विपिन मांझी समिति के अध्यक्ष होंगे उनके अलावा समिति में डिप्टी कलेक्टर राजीव पांडेय अपर तहसीलदार अमित बेग और नायब तहसीलदार नोविता सिन्हा शामिल हैं इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना की निन्दा की है श्री बघेल ने कहा है कि इस मामले की जांच में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी आकाशवाणी छत्तीसगढ़ी पैनल आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश में छत्तीसगढ़ी समाचार के लिए नैमित्तिक समाचार वाचक सह अनुवादक के पैनल का विस्तार किया जा रहा है इसके लिए केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा इच्छ्क लोंगों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं आवेदन पत्र इक्कीस जनवरी तक डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र सिविल लाईन्स रायपुर के पते पर जमा किया जा सकता है निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र रायपुर में सिविल लाईन्स स्थित आकाशवाणी केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के नाम से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए तीन सौ रूपए और अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए दो सौ पच्चीस रूपये का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है आवेदक को किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है छत्तीसगढ़ी बोली में प्रवीण होने के साथ ही आवाज प्रसारण योग्य होना चाहिए उम्मीदवार को रेडियो अथवा टेलीविजन में पत्रकारिता का अनुभव और कम्प्यूटर में काम करने का ब्रनियादी ज्ञान होना वांछनीय है किशन असावा निधन दैनिक समाचार पत्र अम्बिकावाणी के संस्थापक संपादक और वरिष्ठ पत्रकार किशन असावा का आज निधन हो गया वे तिरासी वर्ष के थे